मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से देहरा तथा धर्मशाला दोनों परिसरों की आधारशिला जल्द रखने व प्रदेश के लिए और केंद्रीय विद्यालय मंजूर करने का आग्रह किया केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी ई वाहन केंद्र सरकार ने बिजली और वैक्लिपक इंधन से चलने वाले वाहनों को परमिट से छूट लेने का फैसला किया है देश में इस तरह के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने बताया कि बिजली चलित वाहनों बायोडीजल सीएनजी और जैविक इंधन का का उपयोग करने वाले सभी वाहनों को परमिट की आश्वयकता से मुक्त कर दिया गया है गोपाल चंद किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने कल रिकांगपिओ में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता की

उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश के पात्र य्वाओं को नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा गुणवत्ता दल मुख्यमंत्री कार्यालय में गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू की अध्यक्षता में गठित दल द्वारा मण्डी में गुणवत्ता नियंत्रण समिति की बैठक आयोजित की गई संजय कुंडू ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली और इन्हें तय अवधि में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूरा करने को कहा इसके बाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया

इसके लिए आहरण व संवितरण अधिकारियों तथा समस्त पैंशन संगठनों के पदाधिकारियों सहित सेवानिवृत अधिकारियों व कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है इस दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई पैंशन से संबंधित अधिसूचनाओं और नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त पैंशन व पारिवारिक पैंशन मामलों का निपटारा किया जाएगा अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बंद का दिखा हिमाचल के पांच जिलों में असर सोलन सिरमौर हमीरपुर कांगड़ा और बिलासपुर में बंद रहे बाजार पंजाब केसरी लिखता है जुवेनाइल व अनाथ आश्रमों के बच्चों के पुनर्वास को पॉलिसी बनाए सरकार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिए आदेश दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आज राजस्थान जाएंगे जयराम पोंग विस्थापितों के हक के लिए उठाएंगे आवाज

बहचर्चित युग हत्याकांड मामले पर अमर उजाला की सुर्खी है हत्यारों ने तोड़ा पड़ोस का विश्वास झकझोरा समाज जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है फिरौती की रकम नहीं मिली तो बेटियों को मारने की दी थी धमकी दैनिक जागरण की एक खबर है भू सौदों में पूर्व सीएस से पूछताछ की तैयारी हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है मंत्रिमंडल मसौदा अब हिंदी में

खेतों में आया करंट दादा पोते की मौत शीर्षक से खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है

मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है शिमला में भारी बारिश से नुकसान मनाली की चोटियों पर हिमपात आपका फैसला के अनुसार शिमला में बारिश का कहर भूस्खलन की चपेट में आए तीन वाहन अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय न्याय का युग सलामत में लिखा है कि शिमला के सीने पर बिखरे मासूम युग की हत्या के दाग शायद ही कभी धुलें लेकिन फैसले की कठोरता में न्याय की परिपाटी और ऊंची अवश्य हुई है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बार बार कांपती धरती में लिखा है कि प्रदेश में बार बार आए रहे भूकंप के झटके लोगों को चौकस कर रहे हैं कि प्रकृति से और छेड़छाड़ न की जाए